कहीं कहीं हल्की ब्रंदाबांदी की भी संभावना राज्य के सीमावर्ती जिलों के थानों में होगी युवा पुलिस कर्मियों की तैनाती

मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में धूल भरी आंधी चल सकती है कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना है इसके साथ ही कल से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश और तेज हवा का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है विभाग ने कहा है कि आठ मई को पटना में आंधी पानी जबकि नौ और दस मई को भागलपुर तथा पूर्णियां में बारिश हो सकती है इस बीच प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप बना हुआ है पटना समेत राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गयी है पटना जिला प्रशासन ने गर्मी के कारण स्कूलों के समय में परिवर्तन कर दिया है आज से स्कूलों का संचालन सुबह पौने सात बजे से पौने बारह बजे तक किया जा रहा है राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी नगर निकायों का पुनर्गठन किया है प्रदेश के नगर निकायों और नगरपालिका प्रशासन निदेशालय की कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने के लिये सभी नगर निकायों में अधिकारी से लेकर कर्मचारी वर्ग तक के दो हजार चार सौ उनहत्तर पदों का सुजन किया गया है पुराने सभी पदों का नये पदों में विलय हो जायेगा एक सौ तैंतालीस नगर निकायों के दो हजार चार सौ उनहत्तर नये पदों पर बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी वर्ग एक और दो के पदों पर राज्य सरकार नियुक्ति करेगी जबकि वर्ग तीन और चार के पदों पर निकाय स्तर पर बहाली की जायेगी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश की राशन दुकानों से लाभार्थियों के बीच वितरित होने वाले अनाज के उठाव में चार साल में दोगुनी वृद्धि हुयी है वर्ष दो हजार तेरह चौदह में गेहूं और चावल का उठाव लगभग चौबीस हजार टन था जो अब बढ़कर लगभग बावन हजार टन हो गया है अनाज वितरण में डोर टू डोर स्टेप डिलिवरी की योजना कारगर होने से लोगों को समय पर अनाज मिल रहा है जमीन अधिग्रहण न होने की बजह से पिछले दो साल से बाधित आरा बक्सर फोरलेन पर पंद्रह मई के बाद काम शुरू होने की उम्मीद है इस खण्ड पर पैंतीस किलोमीटर लंबे फोरलेन के निर्माण के लिये जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है गौरतलब है कि पटना और बक्सर के बीच एक सौ पच्चीस किलोमीटर लंबे फोरलेन का निर्माण तीन खण्डों में हो रहा है पहले खण्ड में पटना से कोइलबर तक तैंतीस किलोमीटर दूसरे खण्ड में कोइलबर से आरा तक चौवालीस किलोमीटर और तीसरे खण्ड में आरा से बक्सर तक अड़तालीस किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाना है राज्य के सभी सीमावर्ती जिलों के थानों में अब युवा पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की तैनाती की जायेगी पुलिस मुख्यालय ने अपराध नियंत्रण को लेकर सभी जिलों और रेल जिलों के एसपी को इस संबंध में निर्देश जारी किया है इसमें यह भी कहा गया है कि सीमावर्ती जिलों के सभी थानों को पर्याप्त संख्या में पुलिस बल संचार साधन वाहन बुलेट प्रफ मोर्चा और सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाये ताकि यहां से गुजरने वाले लोगों और वाहनों पर चौबीस घंटे निगरानी रखी जा सके सीमावर्ती थानों में शराब प्रतिबंधित वस्तुओं अवैध हथियार और आपराधिक वारदातों की सक्रियता को देखते हुये यह निर्णय लिया गया है देश में नकदी की बढ़ी मांग को पूरा करने के लिये पांच सौ रूपये के नोटों की छपायी तेज कर दी गयी है केंद्र सरकार में आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने यह जानकारी देते हुये बताया कि रोज तीन हजार करोड़ रूपये कीमत के नोट छापे जा रहे हैं वहीं दो हजार के नोट की कम मांग को देखते हुये इसकी छपायी रोक दी गयी है पटना ट्रफिक पुलिस के बाईस दारोगा से वाहन जांच के दौरान वसूली गयी जुर्माने की राशि जमा न करने पर स्पष्टीकरण मांगा गया है यातायात एसपी पी एन मिश्रा ने कहा कि गड़बड़ी करने वाले दारोगा ने यदि संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो उन पर एफआईआर दर्ज की जायेगी राज्य सरकार प्रदेश के सभी जिलों में मॉडल करियर काउंसिलिंग सेंटर खोलेगी केंद्र की कौशल विकास योजना के तहत खुलने वाले प्रत्येक केंद्र के निर्माण पर पचास लाख की राशि खर्च की जायेगी इन केंद्रों पर छात्र छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के सभी संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे यहां रोजगार संबंधी काउंसिलिंग के लिये युवाओं का निबंधन भी किया जायेगा प्रतियोगिता संबंधी परीक्षा फार्म भरने और अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिये कंप्यूटर की भी सुविधा मिलेगी फिलहाल राज्य में पटना मुजफ्फरपुर और भागलपुर में ही करियर सेंटर है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में सोलह जुलाई से स्नातक पार्ट वन की कक्षायें शुरू हो जायेंगी सभी वोकेशनल और प्रोफेशनल कोर्स की कक्षायें भी इसी दिन से शुरू होगी विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर गिरिश कुमार चौधरी ने बताया कि विश्वविद्यालय के एकेडमिक कैलेंडर का ड्राफ्ट तैयार हो गया है उन्होंने बताया कि स्नातक में दाखिले के लिये आवेदन की तिथि घोषित की जानी है इसके लिये बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा के परिणाम का इंतजार किया जा रहा है पटना में भ्रूण लिंग परीक्षण करने वाले चौदह अल्ट्रासाउण्ड सेंटरों को नोटिस जारी किया गया है साथ ही दो केंद्रों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया गया है लिंग परीक्षण की शिकायतों के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गयी जांच में इन केंद्रों में गड़बड़ी पायी गयी डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के पशु शोध संस्थान में हैचरी इकाई ने काम करना शुरू कर दिया है इससे उत्तर बिहार के किसानों को अब मुर्गी उत्पादन के लिये सस्ते दर पर अपने प्रदेश में चूजे उपलब्ध हो सकेंगे फिलहाल आंध्र प्रदेश व अन्य जगहों से यहां चूजे लाए जाते हैं जो काफी मंहगे होते हैं आरकेवीवाई के तहत चल रही इस परियोजना के तहत चूजा उत्पादन के बाद कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से इसे किसानों को उपलब्ध कराया जायेगा साथ ही किसानों खासकर महिलाओं को इससे जुड़ा अत्याधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा कला संस्कृति और युवा विभाग ने वित्तीय वर्ष दो हजार सत्रह अठारह के लिये राज्य के अठारह खेल संघों को अनुदान दिया है विभागीय सचिव के अनुसार यह अनुदान खेल आयोजन और सहभागिता के मद में दिया गया है अनुदान प्राप्त करने वालों की सूची में हॉकी हैंडबॉल सॉफ्ट टेनिस जैसे खेल संघों का नाम नहीं है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और बिहार ओलंपिक संघ के पर्यवेक्षकों की देखरेख में छपरा में बिहार एथलेटिक्स संघ का चुनाव संपन्न हुआ सलिम परवेज को बीएए का अध्यक्ष चुना गया है बिहार में क्रिकेट खिलाड़ियों को सहयोग और उनकी समस्याओं के निपटारे के लिये क्रिकेट प्लेयर्स एसोसिएशन ऑफ बिहार की तदर्थ कमिटी गठन कर दिया गया है पूर्व रणजी खिलाड़ी अशोक तलपात्रा को कमिटी का अध्यक्ष बनाया गया है जिलाधिकारी पूनम कुमारी के आदेश पर कटिहार मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ मुफ्फसिल थाना में मामला दर्ज कराया गया है प्रिभारी पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के पीजी प्रॉसपेक्टस में भारत के नक्शे में छेड़छाड़ के आरोप की पुष्टि के बाद यह कार्रवाई की गयी है सहरसा जिले के बिहरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने चार देशी बम और हथियार के साथ चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है सारण जिले के छपरा मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत एक एम्ब्रलेंस से पुलिस ने एक सौ चालीस किलोग्राम गांजा बरामद किया बरामद गांजे की लगभग सत्रह लाख रुपये बतायी जा रही है एसएसबी ने अररिया जिले के बथनाहा थाना क्षेत्र के श्यामनगर के पास से जाली नोटों के एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने लिखा है हिजवुल के सभी पोस्टर बॉय का खात्मा दैनिक जागरण की सुर्खी है तीन तलाक कॉमन सिविल कोड और धारा तीन सौ सत्तर पर जदयू अडिग दैनिक भास्कर ने एक सकारात्मक खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है मध्यप्रदेश टीकमगढ़ गांव में सौ साल की महिला साठ साल से बेटियों को बचाने में ज़्टी लड़कों से ज्यादा लड़कियां महिलाओं पर अपराध भी शून्य प्रभात खबर ने यूपीएससी में सफल अभ्यर्थियों के नंबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है पंचपन दशमलव छह प्रतिशत अंक लाकर अनुदीप टॉपर दो अंकों से सेकेंड रह गयीं अनु अखबार आज लिखता है बाईस सौ छह शिक्षण संस्थानों का मान्यता समाप्त करने की चेतावनी राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है विकाऊ है रेलवे की बारह हजार छियासठ एकड़ जमीन

कहीं कहीं हल्की ब्रंदाबांदी की भी संभावना राज्य के सीमावर्ती जिलों के थानों में होगी युवा पुलिस कर्मियों की तैनाती